पटना से दो हजार आठ सौ चौवालीस नये संक्रमित मिले और राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कोविड टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल अपनाने और सभी के लिए टीका निःशुल्क करने का परामर्श दिया है कोविड की स्थिति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ एलनागेश्वर राव और रविन्द्र भट्ट की पीठ ने यह सुझाव दिया साथ ही पीठ ने टीका की खरीद नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर यह नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह किस राज्य को कितना वैक्सीन उपलब्ध करवाती है यह व्यवस्था केन्द्र के नियंत्रण में होनी चाहिए न्यायालय ने यह भी पूछा कि केन्द्र और राज्य सरकारें उन लोगों का निबंधन कैसे करवायेगी जो निरक्षर हैं या जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है सुनवाई के दौरान पीठ ने सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उठाये गये कदमों पर जानकारी मांगी साथ ही पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में आम नागरिकों की शिकायतों को दबाया नहीं जा सकता है न्यायालय ने कहा कि हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया गौरतलब है कि पिछले दिनों कोविड से कई सरकारी कर्मियों की मौत हो चुकी है बिहार के मुख्य सचिव अरुण क्मार सिंह का आज निधन हो गया वे कोरोना संक्रमित थे और उनका पटना के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था उन्नीस सौ पचासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार सिंह इस साल सताईस फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव बनाये गये थे उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गहरी संवेदना जतायी है मुख्यमंत्री ने अरुण कुमार सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की है भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पवंत का आज निधन हो गया वे कोविड से संक्रमित थे और उनका नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था मूल रुप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पुष्पवंत देश के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय आरएनआई नई दिल्ली में सहायक प्रेस रजिस्ट्रार के रुप में पदस्थापित थे उन्होंने द्रदर्शन समाचार पटना और आकाशवाणी समाचार रांची में समाचार संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि बिहार के जाने माने पत्रकार सुकांत नागार्जुन का आज निधन हो गया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 सुकांत नागार्जुन के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है बिहार विधान परिषद् के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन की पत्नी का भी आज कोविड से निधन हो गया रोहतास के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव और सारण जिले के पानापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर जगदीश आचार्य गोस्वामी का आज कोविड से निधन हो गया प्रदेश में आज कोविड के रिकॉर्ड पन्द्रह हजार आठ सौ तिरपन नये मामलों की पुष्टि हुई है यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पटना से भी सबसे अधिक दो हजार आठ सौ चौवालीस नये संक्रमित मिले हैं इसके अलावा सात अन्य जिलों से भी पांच सौ से अधिक नये संक्रमितों की पहचान हुई है

देश भर से आज कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड तीन लाख छियासी हजार चार सौ बावन नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में दो लाख संतानवे हजार से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं वहीं इसी अवधि में तीन हजार चार सौ अंठानवे लोगों की मौत हुई है स्वस्थ होने की दर इक्यासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर एक दशमलव एक एक प्रतिशत है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षणविहीन रोगियों के घर में पृथकवास रहने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं एक रिपोर्ट बाईट दीपेन्द्र कुमार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे है उन्हे एक अलग कमरे मे रहना चाहिये और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए इसके अलावा उन्हें एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिये जो हवादार हो और उन्हें हर समय तीन सतहों वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए रोगियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी निगरानी खुद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हे जल्द से जल्द डाक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमेडेसिविर दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहीं करें

दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली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 केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानन्द गौड़ा ने बताया कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी आने के बाद अब राज्यों को आवंटन बढ़ाया गया है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 उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से भी इसका आयात शुरू कर दिया है आज रेमडेसिविर की पचहत्तर हजार वायल भारत पहुंचेगी देशभर में अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू होगा तीसरे चरण के इस अभियान के लिए अब तक दो करोड़ बारह लाख से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं

पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगावा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुवधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है इस बीच बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों का कल से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन इसमें टीकाकरण की तिथि और स्थान का चयन नहीं हो सकेगा इसकी सूचना बाद में दी जायेगी एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है

अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है राज्य में अब तक सत्तर लाख तिरपन हजार तीन सौ सैंतालीस लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान सतासी हजार एक सौ अठासी लोगों को टीका लगाया गया है इधर देश भर में अब तक पन्द्रह करोड़ इक्कीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के आठ करोड़ इकहत्तर लाख लाभार्थियों को मई और जून महीने में मुफ्त राशन दिये जायेंगे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बिहार क्षेत्र महाप्रबंधक संजीव कुमार भदानी ने बताया कि योजना के अंतर्गत हर लाभुक को पांच किलो अनाज प्रतिमाह दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि इसके लिए आठ लाख सत्तर हजार टन अनाज का आवंटन हुआ है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में गर्मी की छुट्टी घोषित हो गयी है ये छुटि्टयां इकतीस मई तक रहेंगी राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है प्रदेश के निबंधित श्रमिकों को कल मजदूर दिवस से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ मिलने लगेगा श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि सोलह लाख अस्सी हजार से अधिक कामगारों को योजना का लाभ मिलेगा श्री कुमार ने बताया कि इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को एक सौ दस करोड़ नब्बे लाख रूपये की प्रीमियम राशि भेजी जा चुकी है चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जमानत पर जेल से रिहा हो गये हैं वे अभी दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह चौक के पास एक ट्रक कार और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य घायल हो गये वहीं बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी मुंगेर जिले के साफियाबाद पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत खजुरिया के पास पटना से भागलपुर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गयी इस दुर्घटना में सड़क किनारे खड़े एक युवक की मौत हो गयी

पटना से दो हजार आठ सौ चौवालीस नये संक्रमित मिले और राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत